श्री मोदी ने कांग्रेस पर देश की सुरक्षा को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया राज्य में इस वर्ष बिजली की दरों में नहीं होगी बढ़ोतरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में देश का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया यह स्मारक उन बहाद्र सैनिकों के सम्मान में समर्पित है जिन्होंने आजादी के बाद से देश की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दिया इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राफेल विमान सौदे को अटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस देश की सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति कर रही है

हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को सरकार ने दो हजार पंद्रह में मंजूरी दी थी साउंड बाईट राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उन सैनिकों का भी स्मरण करता है जिन्होंने शांतिवाहिनी मिशन और उग्रवाद और आंतकरोधी अमियानों में सर्वोच्च बलिदान दिया है स्मारक में चार वृत्त हैं अमर चक्र वीरता चक्र त्याग चक्र और रक्षक चक्र इस युद्ध स्मारक परिसर में एक केन्द्रीय चतर्षकोण स्तंभ एक शाश्वत ज्योति और थल सेना वायु सेना और नौसेना की ऐतिहासिक पराक्रम को दर्शाती छह कास्य वृतचित्र शामिल है

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमारे महान शहीदों के पराक्रम को श्रद्वांजलि देने का कृतज्ञ राष्ट्र का एक छोटा सा प्रयास है अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार राज्य में बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है इस आशय का फैसला आज बिहार विद्युत विनियामक आयोग की बैठक में किया गया आयोग ने विद्यूत कंपनियों की बिजली दर बढ़ाने संबंधी याचिका की सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है दोनों कंपनियों नार्थ बिहार और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने बिजली दर में छह दशमलव पांच फीसदी की वृद्धि का प्रस्ताव दिया था विनियामक आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी ने बताया कि दो हजार अठारह उन्नीस में जो बिजली दरें हैं उसे बरकरार रखा गया है उन्होंने कहा कि सिर्फ ग्रामीण इलाकों में नल जल योजना के लिये नई दरें लागू की गयी हैं जिसमें फिक्सड चार्ज देना होगा मध्य प्रदेश के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से एके सैंतालीस रायफल तस्करी के मामले में मुंगेर पुलिस ने अदालत में तीन महिला सहित चौदह लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने कहा कि तीन एके सैंतालीस रायफलों की बरामदगी के मामले में सभी को गिरफ्तार किया गया था उन्होंने कहा कि सभी के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य है एनआईए भी इस मामले की जांच कर रही है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड मामले की आज से दिल्ली की विशेष अदालत में सुनवाई शुरू हुई अदालत ने सीबीआई को इस मामले में विशेष सरकारी वकील नियुक्त करने का आदेश दिया इसकी अगली सुनवाई सताईस फरवरी को होगी गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने इस महीने की सात तारीख को पूरे मामले की सुनवाई मुजफ्फरपुर से दिल्ली की साकेत स्थित अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था अदालत को छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने को कहा गया है दरभंगा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या संतावन पर बिजली हॉल्ट के पास सड़क जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गयी जाम हटाने गयी पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया इस घटना में कई लोगों को चोट आयी है मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के तत्वावधान में प्रदर्शनकारी क्षेत्रीय विकास कार्य और मिथिला विकास बोर्ड के गठन की मांग को लेकर धरना पर बैठे थे इधर पश्चिम चंपारण के लौकरिया थाना क्षेत्र में शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी करने गयी पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया कांग्रेस ने कहा है कि दो मार्च से पहले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का फैसला हो जायेगा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि गठबंधन के सभी सदस्यों के बीच विचार विमर्श अंतिम दौर में है उन्होंने कहा कि महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है इधर बहुजन समाज पार्टी ने राज्य की सभी चालीस सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने नक्सल प्रभावित राज्यों और जम्मू कश्मीर में तैनात केन्द्रीय सशस्त्र बलों के जोखिम और कठिनाई भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा की है इस फैसले के अनुसार इंस्पेक्टर रैंक तक के कर्मियों को प्रतिमाह नौ हजार सात सौ रूपये के स्थान पर अब सत्रह हजार तीन सौ रूपये जोखिम और कठिनाई भत्ता मिलेगा अधिकारियों को मौजूदा सत्रह हजार तीन सौ रूपये के स्थान पर पच्चीस हजार रूपये दिये जायेंगे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने कहा है कि इससे इन क्षेत्रों में तैनात अठासी हजार से अधिक कर्मियों को फायदा होगा केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल केन्द्रीय सशस्त्र बलों केन्द्रीय पुलिस संगठन और दिल्ली पुलिस के लिये देश भर में लगभग पांच हजार आवासीय परिसरों और तिरपन कार्यालयों का उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगे इसके तहत बिहार में जोगबनी और रक्सौल में दो दो तथा सुपौल में एक एक परियोजनाएं शामिल हैं उच्चतम न्यायालय कल अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुनवाई करेगा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी गया जिले के नक्सल प्रभावित बाराचट्टी में पुलिस ने खेत में लगी लगभग पचास करोड़ रूपये मूल्य की अवैध अफीम की फसल को नष्ट कर दिया पुलिस ने कहा है कि यह अफीम नक्सलियों द्वारा खेत में लगायी गयी थी और इलाकों में अवैध तरीके से हो रही अफीम की खेती के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है सीवान जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पतार बाजार में अपराधियों ने एक आभूषण दुकान से लगभग तीन लाख के जेवरात लूट लिये सूत्रों के अनुसार मोटरसाईकिल सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया इधर समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुधपुरा बाजार में चोरों ने एक आभूषण दुकान का शटर काटकर पांच हजार नकदी और लगभग डेढ़ लाख आभूषण चुरा लिये मैट्रिक परीक्षा के दौरान आज भी विभिन्न जिलों में कई परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया शेखपुरा और अरवल जिले में अलग अलग परीक्षा केन्द्रों से दो दो परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र जंक्शन से पूर्वी चंपारण के सुगौली के बीच नई पैंसेजर ट्रेन का शुभारंभ किया यह ट्रेन सुगौली से सुबह पौने चार बजे खुलेगी और दोपहर डेढ़ बजे पाटलिपुत्र स्टेशन पहुंचेगी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा है कि कल प्रदेश भर में कमल ज्योति संकल्प अभियान चलाया जायेगा देश के शहीदों के प्रति सम्मान के लिये यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इसके तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में पच्चीस से तीस हजार दीये जलाये जायेंगे पटना में तीन मार्च को होने वाली एनडीए की रैली को सफल बनाने के लिये भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह के नेतृत्व में आज मोतिहारी में अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन किया गया मुंगेर जिले को जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिये राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है ग्राउंड वाटर रिचार्ज के क्षेत्र में मुंगेर देश में तीसरे स्थान पर रहा

श्री मोदी ने कांग्रेस पर देश की सुरक्षा को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया राज्य में इस वर्ष बिजली की दरों में नहीं होगी बढ़ोतरी